राज्य में बिजली आपूर्ति सेवा बेहतर होने के कारण इस योजना में बिहार को शत प्रतिशत राशि मिली

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें केंद्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आगामी त्योहारों में भीड़ को नियंत्रित करने और महामारी संबंधी सभी एहतियातों पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने को कहा है इन एहतियातों में मास्क पहनना और एक दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना जैसे उपाय भी शामिल हैं केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में होली और शब ए बरात जैसे त्योहारों के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है उन्होंने इस बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाने को भी कहा है इस बीच प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना को लेकर केन्द्र सरकार की गाईडलाईन को प्ररी तरह लागू किया जा रहा है गाईडलाईन के अनुसार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाने की अनुमति दी गयी है गौरतलब है कि तेईस मार्च को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया था यह आदेश तीस अप्रैल तक लागू रहेगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है इससे डरने की नहीं सतर्क रहने की जरूरत है उन्होंने पटना में पत्रकारों से कहा कि होली के मौके पर बाहर से आ रहे लोगों को कोरोना जांच के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके श्री अमृत ने कहा कि सरकार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है पिछले चौबीस घंटों में चौंतीस जिलों से दो सौ ग्यारह नये मामलों की पुष्टि हुई इससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख चौसठ हजार चार सौ नौ हो गयी है सबसे अधिक छियासठ मामले पटना से सामने आये हैं वहीं जहानाबाद से सोलह भागलपुर से तेरह गया से बारह और मुजफ्फरपरु से दस मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार है प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव शून्य तीन प्रतिशत है प्रदेश में अब तक चौबीस लाख बयासी हजार नौ सौ तीन लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक लाख नौ सौ इकसठ लोगों को कोविड उन्नीस का टीका लगाया गया इसमें पंचानवे हजार सैंतालीस लोगों को टीके की पहली डोज और पांच हजार नौ सौ चौदह लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गयी इधर देश में अब तक पांच करोड़ उनहत्तर लाख से अधिक लोगों को कोविड उन्नीस की डोज दी जा चुकी है इनमें अस्सी लाख छियासठ हजार स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और इक्यावन लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरी डोज दी गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि केन्द्र सरकार राज्यों को प्रतिदिन आवश्यकतानुसार टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रतिदिन होने वाले टीकाकरण में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए टीकाकरण अभियान पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए श्री हर्षवर्धन ने सभी लोगों से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में टीकाकरण के द्ष्प्रभाव का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है उन्होंने कहा कि टीकाकरण महत्वपूर्ण निगरानी प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है देश में लगाए जा रहे दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित और प्रतिरक्षी है नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग अस्पताल के डॉक्टर राजेन्द्र के धमीजा ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में लापरवाही बरते जाने को कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए उत्तरदायी माना है

राज्य में बिजली आपूर्ति सेवा बेहतर होने के कारण इस योजना में बिहार को शत प्रतिशत राशि मिली केन्द्र सरकार ने दो किस्तों में इस राशि का भुगतान कर दी है ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने इसके लिए केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुये कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि राज्य में केन्द्रीय योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है केन्द्र सरकार ने मुजफ्फरपुर में एक सौ बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल खोलने की मंजूरी दे दी है श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से इसका संचालन स्वतंत्र किया जायेगा उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के बन जाने से तिरहुत प्रमंडल और मिथिलांचल के जिलों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की पचहत्तरवीं कड़ी होगी मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नटवर्क पर किया जायेगा यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद दरभंगा केन्द्र से इसका प्रसारण मैथिली भाषा में किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जायेगा मैथिली में मन की बात कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण रात आठ बजे से फिर से सुना जा सकेगा राज्य सरकार इंटर परीक्षा के तीनों संकायों में टॉपर परीक्षार्थियों को एक एक लाख रूपये का इनाम देगी इसके साथ ही एक लैपटॉप और एक किंडर ई बुक रीडर दिये जायेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तीनों संकायों में दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को पचहत्तर पचहत्तर हजार रूपये और एक एक लैपटॉप तथा तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को पचास पचास हजार रूपये और एक एक लैपटॉप दिये जायेंगे उन्होंने कहा कि इसका उददेश्य परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करना है इससे पहले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने संयुक्त रूप से इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी किया इस वर्ष इंटर परीक्षा में अठहत्तर दशलमव शून्य चार प्रतिशत विद्यार्थियों को सफलता मिली है परीक्षा में दस लाख छियालीस हजार परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तीन लाख इकसठ हजार से अधिक परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं जबकि द्वितीय श्रेणी से लगभग पांच लाख तैंतालीस हजार और तृतीय श्रेणी में एक लाख इकतालीस हजार तीन सौ बावन छात्र उत्तीर्ण हुए हैं

उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में समितियों के सभापतियों की बैठक को संबोधित करते हये कहा कि इससे विधायी कार्यों के निपटारे में मदद मिलेगी और सरकार के विभाग भी अधिक सक्रिय और गतिशील बने रहेंगे उन्होंने कहा कि इससे विधानसभा की गरिमा भी बढ़ेगी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम उन्नीस सौ अठासी और केंद्रीय मोटर संबंधी दस्तावेज वाहन अधिनियम उन्नीस सौ नवासी की वैधता इस वर्ष तीस जून तक के लिए बढ़ा दी है इस अधिनियम के तहत फिटनेस परमिट ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम वाहनों की गति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है प्रदेश के बत्तीस उप कोषागार एक अप्रैल से बंद हो जायेंगे वित्त विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि विभिन्न प्रखंड और अनुमंडल मुख्यालयों में चल रहे बत्तीस कोषागारों का एक अप्रैल से संबंधित जिलों के कोषागार में विलय कर लिया जायेगा उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक सूचना मुख्य सचिव प्रधान सचिव जिलाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गयी है श्री मीणा ने कहा कि विलय के बाद से प्रदेश में कोषागारों की संख्या चौहत्तर से घटकर बयालीस हो जायेगी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शहरों की तरह गांवों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे इसके लिए आबादी के आधार पर गांवों का चयन किया जायेगा उन्होंने पटना में कहा कि पन्द्रहवे वित्त आयोग की एक हजार दो सौ चौवन करोड़ रूपये की राशि को केन्द्र सरकार ने पंचायती राज विभाग को भेज दिया है श्री चौधरी ने कहा कि गांवों में खाली पड़ी जमीन पर पार्क बनाये जायेंगे राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में मौसम शृष्क बना हुआ है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि तापमान में लगातार वृद्धि जारी रहेगी

पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले गये फाईनल मुकाबले में दरभंगा डायमंड्स ने पटना पायलट्स को तीन विकेट से हरा दिया पहले बल्लेबाजी करते हुये पटना ने निर्धारित बीस ओवर में एक सौ चालीस रन बनाये जिसके जवाब में दरभंगा ने सात विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया दरभंगा के अर्णव किशोर मैन ऑफ द मैच बने जबकि प्रतियोगिता में दो शानदार शतक लगाने वाले दरभंगा के ही बिपिन सौरव को मैन ऑफ द सीरिज दिया गया पटना और आनंद विहार टर्मिनल के बीच तीस मार्च से आठ अप्रैल तक प्रति दिन एनटीपीसी परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जायेगा नवादा व्यावहार न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश समीर कुमार ने शराब तस्करी के मामले में पंजाब के दो लोगों को दस दस साल के कारावास और दो दो लाख रूपये का अर्थदंड सजा सुनाई है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने इंटर परीक्षा के परिणाम को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और टॉपर छात्र छात्राओं के इंटरव्यू को भी पहले पन्ने पर जगह दी है हिन्दुस्तान ने परीक्ष परिणाम को गौरवपूर्ण बताते हुये शीर्षक लगाया है कस्बों की बेटियों का कमाल दैनिक जागरण ने कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर राज्य सरकार की सतर्कता को सुर्खी बनाते हुये लिखा है बढ़ेगी सख्ती तीस अप्रैल तक लागू रहेंगी केन्द्र की गाईडलाईन दैनिक भास्कर ने शराब तस्करी से जुड़ी खबर को शीर्षक बनाते हुये लिखा है शराब तस्करी में बर्खास्त दारोगा फर्जी बेल ऑर्डर पर जेल से छूटा तस्कर से डील करते फिर गिरफ्तार

राज्य में बिजली आपूर्ति सेवा बेहतर होने के कारण इस योजना में बिहार को शत प्रतिशत राशि मिली